हिन्दी भाषा को और समृद्ध बनाने के संकल्प के साथ मनाया गया हिन्दी दिवस

भाजपा के वरिष्ठ नेता और पश्चिम चम्पारण के सांसद संजय जायसवाल को पार्टी का बिहार इकाई का अध्यक्ष मनोनीत किया गया है श्री जायसवाल निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय की जगह लेंगे तिरपन वर्षीय डॉक्टर जायसवाल पूर्व सांसद मदन प्रसाद जायसवाल के पुत्र हैं संजय जायसवाल पहली बार वर्ष दो हजार नौ में लोकसभा सदस्य निर्वाचित हये थे भाजपा के वरिष्ठ नेता और उपमुख्मंत्री सुशील कुमार मोदी निवर्तामान प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय ने डॉक्टर जायसवाल को बधाई दी है दोनों नेताओं ने विश्वास जताया है कि पार्टी दो हजार बीस का विधानसभा चु्नाव मजबूती से लड़ेगी और एनडीए राज्य में फिर से वापसी करेगा आयकर विभाग ने सुजन घोटाले के आरोपितों की बेनामी सम्पत्ति की जांच शुरू कर दी है विभागीय सूत्रों ने बताया कि घोटाले से जुड़े पन्द्रह आरोपितों के पास बेनामी सम्पत्ति की जानकारी मिली है इनमें बैंक अधिकारी प्रशासनिक अधिकारी और व्यापारी शामिल हैं गौरतलब है कि आयकर विभाग इस मामले में पटना भागलपुर और पूर्णियां में आरोपितों के विभिन्न ठिकानों पर छापेमारी भी कर चुकी है राज्य सरकार बक्सर और भागलपुर में लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए आर्सेनिक फिल्टर प्लांट की स्थापना करेगी बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद के अध्यक्ष डॉक्टर अशोक कुमार घोष ने बताया कि इन दोनों जिलों में आर्सेनिक का सबसे अधिक प्रभाव है जिस कारण यहां फिल्टर प्लांट की स्थापना का फैसला किया गया है इधर नई दिल्ली स्थित एम्स के क्लीनिकल ईको टॉक्सिकोलॉजी सेंटर ने पटना अररिया और सुपौल के कुछ हिस्सों में पानी में फ्लोराईड की मात्रा सामान्य से अधिक पाई है सेंटर के निदेशक डॉक्टर ए शरीफ ने बताया कि इन जिलों में पेयजल में फ्लोराईड तय सीमा से दोगुना पाया गया है उन्होंने बताया कि फ्लोराईड युक्त पानी पीने से मनुष्य असमय वृद्ध होने लगता है उसकी हड्डियां टेढ़ी होने लगती है और वह फ्लोरोसिस नामक बीमारी का शिकार हो जाता है हिन्दी भाषा को समुद्ध बनाने के संकल्प के साथ आज हिन्दी दिवस मनाया गया संविधान सभा ने चौदह सितंबर उन्नीस सौ उनचास में देवनागरी लिपि में हिन्दी को राजभाषा के रूप में मान्यता दी थी गृहमंत्री अमित शाह ने हिन्दी दिवस के अवसर पर नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित एक समारोह में कहा कि किसी देश की पहचान के प्रतीक स्वरूप जन सामान्य की एक भाषा होना अत्यंत आवश्यक है बाईट ये भाषा की समुद्धि का सवाल जहां तक है मैं सिर्फ हिन्दी की बात नहीं कर सकता देश की कोई भी भाषा उठा लिजिये दुनिया की समृद्ध से समृद्ध भाषा के साथ इसकी तुलना कर लीजिये हमारी भाषाओं की व्यापकता और समृद्धता दुनिया में सर्वश्रेष्ठ है यह हमें स्वीकार करना पड़ेगा और इसके आधार पर हमें आगे बढ़ना पड़ेगा गृह मंत्री ने लोगों से अधिक से अधिक हिन्दी का इस्तेमाल करने और एक राष्ट्र एक भाषा के महात्मा गांधी और सरदार पटेल के स्वप्न को पूरा करने में योगदान की अपील की बाईट देश की एक भाषा हो जिसके कारण विदेशी भाषाओं को जगह न मिलें और देश की एक भाषा हो इसी द्र ष्टि को ध्यान में रखते हुए हमारे पुरखों ने स्वतंत्र सेनानियों ने राजभाषा की कल्पना की थी सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने हिन्दी दिवस के अवसर पर आकाशवाणी से बातचीत की उन्होंने कहा कि अब भारतीय भाषाएं और समृद्ध हो रही है श्री जावडेकर ने कहा कि हिन्दी में प्रतियोगिता परीक्षा देने वाले छात्रों की संख्या हर साल बढ़ रही है और इसलिए जो लोगों को यह आशंका होती थी कि भारतीय भाषा का क्या होगा यह भावना निर्मूल साबित हो रही है

हिन्दी दिवस के अवसर पर बिहार सरकार के राजभाषा विभाग की ओर से पटना के एएन सिन्हा सामाजिक संस्थान में मुख्य समारोह आयोजित किया गया कार्यक्रम को संबोधित करते हुये शिक्षा मंत्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा ने कहा कि हिन्दी बहुत समृद्ध भाषा है और दिनोंदिन इसके बोलने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है विभिन्न जिला मुख्यालयों से हमारे संवाददाताओं ने हिन्दी दिवस समारोह पूर्वक मनाये जाने की खबर दी है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में भाजपा की ओर से आज सेवा सप्ताह की शुरूआत की गयी इस दौरान पूरे राज्यभर में भाजपा नेता और कार्यकर्ता रक्तदान शिविर स्वच्छता अभियान और स्वास्थ्य जांच शिविर आयोजित कर रहे हैं ग्यारह साल बाद बांग्लादेश की जेल से रिहा होने के बाद दरभंगा जिला निवासी सतीश चौधरी आज अपने घर पहुंच गया हायाघाट प्रखंड के मनोरथा गांव में सतीश का उसके परिवार के सदस्यों और गांव वालों ने पूरे गाजे बाजे के साथ स्वागत किया पूर्वी उत्तर प्रदेश में सक्रिय मॉनसून सिस्टम के प्रवेश करने से प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में पिछले चौबीस घंटों के दौरान अच्छी बारिश हुयी है सबसे अधिक ग्यारह सेंटीमीटर बारिश मुजफ्फरपुर जिले के बेनीबाद में हुई है वहीं पटना रोहतास के इंद्रपुरी और वैशाली जिले के जनदाहा में छह छह सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गयी मौसम विभाग ने प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में अगले चौबीस घंटों के दौरान तेज बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया है राज्य के दक्षिणी और पश्चिमी क्षेत्रों में कई स्थानों पर बारिश के दौरान वज्रपात की भी आशंका जतायी गयी है प्रदेश में गंगा सोन घाघरा गंडक बागमती कमला बलान और कोसी नदी एक बार फिर उफान पर है गंगा नदी का जलस्तर बक्सर और पटना के दीघा घाट गांधी घाट तथा हाथीदह में खतरे के निशान के आस पास बना हुआ है बागमती नदी का जलस्तर रून्नीसैदपुर में लाल निशान को पार कर गया है यहां नदी खतरे के निशान से लगभग आधा मीटर ऊपर बह रही है कोसी का जलस्तर खगड़िया के बलतारा में खतरे के निशान से लगभग एक मीटर ऊपर चला गया है पटना उच्च न्यायालय समेत प्रदेश की सभी अदालतों में आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया हमारे संवाददाताओं ने खबर दी है कि लोक अदालत में बैंक बिजली विभाग और बीएसएनएल के बिल से संबंधित सबसे अधिक मामलों का निपटारा किया गया खगड़िया में नौ सौ सत्ताईस मामलों का निष्पादन किया गया मौके पर विभिन्न बैंकों द्वारा चार करोड़ इकसठ लाख रूपये से अधिक के ऋण की राशि का आपसी सहमति से निपटारा किया गया शिवहर जिले में आज तीन हजार से अधिक मामलों की सुनवाई हुई और एक सौ अस्सी वादों का निपटारा किया गया समस्तीपुर में पांच सौ उनचास मामलों का निष्पादन किया गया शेखपुरा जिले में बैंक से संबंधित कई मामलों की सुनवाई हुई जिसमें लगभग डेढ़ करोड़ रूपये बकाये ऋण की वसूली की गयी पटना जिले के जक्कनपुर थाना क्षेत्र के इंदिरानगर मोहल्ला से पुलिस ने लगभग पचास लाख रूपये मूल्य के नशीले पदार्थ ब्राउन शुगर के साथ चार लोगों को गिरफ्तार किया है पुलिस ने बताया कि बरामद ब्राउन शुगर का वजन दो सौ पचास ग्राम है शेखप्रा जिले के चेवाड़ा में एक कार्यक्रम के दौरान मंच ट्रटने से सांसद चिराग पासवान सहित कई लोग घायल हो गये श्री पासवान यहां केन्द्र प्रायोजित योजनाओं की समीक्षा के बाद एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे पूर्व सांसद अश्वमेध देवी को समस्तीपुर जिला जदयू अध्यक्ष नियुक्त किया गया है वहीं नागेन्द्र चंद्रवंशी रोहतास जिला जदयू के अध्यक्ष नियुक्त किये गये हैं मूजफ्फरपूर के जिला परिवहन पदाधिकारी ने एक अधिवक्ता सहित सात लोगों के खिलाफ सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप में स्थानीय थाने में मामला दर्ज करवाया है वैशाली जिले के हाजीपुर मंडल कारा में करंट लगने से एक कैदी की हुई मौत से आक्रोशित परिजनों ने गांधी चौक के पास विरोध प्रदर्शन किया परिजनों ने इस मामले में दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है कटिहार जिले में बलरामपूर थाना क्षेत्र से पूलिस ने चारपहिया वाहन को जब्त कर एक सौ छिहत्तर लीटर विदेशी शराब जब्त की है इस मामले में एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया है मुजफ्फरपुर के श्री कृष्ण मेमोरियल मेडिकल कॉलेज अस्पताल में संदिग्ध दिमागी बुखार एईएस से आज एक और बच्चे की मौत हो गयी अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर सुनील शाही ने बताया कि दो बच्चों की स्थिति अभी भी गम्भीर बनी हुई है अस्पताल में सात बच्चों का इलाज चल रहा है सरकारी आंकड़ों के अनुसार मुजफ्फरपुर में अब तक एक सौ साठ बच्चों की मौत एईएस से हो चुकी है

हिन्दी भाषा को और समुद्ध बनाने के संकल्प के साथ मनाया गया हिन्दी दिवस